आज चेन्नई में आईआईटी मद्रास के दीक्षान्त समारोह को संबोधित करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पांच ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनना चाहता है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आईआईटी के विद्यार्थियों तथा युवाओं का योगदान विशेष महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि हमने अनुसंधान और विकास के लिए मजबूत प्रणाली बनाने का काम किया है और आईआईटी मद्रास ने दो सौ स्टार्टअप स्थापित किये हैं जो गर्व की बात है तमिलनाडु की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व की प्राचीनतम भाषा तमिल इसी राज्य की है और देश की नवीनतम भाषा आईआईटी मद्रास लिंगो भी यहीं की है

प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से कहा कि वे समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें विभिन्न चरणों में बांट लें और सपने देखकर खुद से स्पर्वा बनाए रखें उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें मात्मूमि की आवश्यकताओं को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए प्रधानमंत्री ने आज आईआईटी मद्रास के छप्पनये दीक्षान्त समारोह में टॉपर्स को प्रमाणपत्र और पदक प्रदान किये इससे पहले प्रधानमंत्री ने आईआईटी मद्रास में दूसरे भारत सिंगापुर हैकथॉन के पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लिया उन्होंने कहा कि हैकेथॉन से विद्यार्थियों को वैश्विक समस्याओं के समाधान और नवाचार से जुड़े विवारों का पता चलता है उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आसियान देशों के श्रेष्ठ विद्यार्थियों से स्पर्धा में आगे बढ़ने और नवाचार समाधान खोजने को कहा श्री मोदी ने छत्तीस घंटे बिना रूके तेज गति से हैकेथॉन में हिस्सा लेने वाले आईआईटी मद्रास के विद्यार्थियों को बधाई दी ये हैकेथॉन तीन प्रमुख विषयों अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण बेहतर शिक्षा और किफायती तथा साफ ऊर्जा पर आयोजित किया गया प्रधानमंत्री ने चेन्नई में कहा है कि विश्व को भारत से बहत उम्मीदें हैं उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश को महानता के रास्ते पर आगे ले जायेगी और यह पूरी दुनिया के लिए फायदे की बात होगी प्रधानमंत्री ने कहा कि एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक के खिलाफ अभियान जारी रहेगा केंद्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के तीसरे चरण का उद्घाटन किया हापुड जिले के पिलखुवा में आयोजित उदघाटन समारोह में उन्होंने कहा कि जनवरी दो हजार बीस तक हर हाल में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे का काम पूरा कर लिया जाएगा बयासी किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के तीसरे चरण में कूल बाईस किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है यह राजमार्ग गाजियाबाद से हापुड को जोडता है कार्यक्रम में केंद्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री वी के सिंह और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उपस्थित रहे इससे पहले श्री गडकरी ने गाजियाबाद में प्लास्टिक कचरे से बन रही एक सडक का भी हरी झंडी दिखाकर श्मारम किया एक किलोमीटर लंबी इस सडक के निर्माण में तकरीबन एक दशमलव छह टन प्लास्टिक का उपयोग किया जाएगा केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि यह गर्व की बात है कि पिछले एक वर्ष में पचास लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज का लाभ उठाया आज नई दिल्ली में आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन के उद्घाटन सत्र में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह योजना न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय रही

ये आज नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन पर अर्नतसरकारी समिति आई पी सी सी की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने जलवायू परिवर्तन की चुनौतियों और इसके समाधान पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि आई पी सी सी लेखकों और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर व्यावहारिक और नवीनतम अनुसंधान तथा जलवायू परितर्वन पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि आगे का रास्ता नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक गठबंधन बनाना है भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय ने अयोध्या जिले के रुदौली तहसील क्षेत्र में ग्रामीण मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को केन्द्र सरकार के सौ दिन पूरे होने और केंद्र द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई कार्यक्रम के जरिए जनता को जम्मू कश्मीर में धारा तीन सौ सत्तर को हटाए जाने के बाद वहां के वास्तविक हालात से लोगों को परिचित कराया गया कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह और अपर महानिदेशक पत्र सूचना कार्यालय आर पी सरोज उपस्थित रहे